छत्तीसगढ़ में भाजपा ने लोकसभा चुनाव में अपने सभी मौजूदा दस सांसदों को बदलने और सभी ग्यारह सीटों पर नये उम्मीदवारों को उतारने का लिया फैसला प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश महासमुंद और राजनांदगांव में पड़े ओले अब से थोड़ी देर बाद जगह जगह किया जाएगा होलिका दहन कल मनाई जाएगी होली लोकपाल नियुक्त उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकपाल संस्था के अध्यक्ष के साथ अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की है छियासठ वर्ष के न्यायमूर्ति घोष मई दो हजार सत्रह में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद से सेवा निवृत्त हुए थे वे उनतीस जून दो हजार सत्रह से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं लोकपाल संस्थ्था में चार न्यायिक और चार अन्य सदस्य होंगे पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिलीप बी भोसले प्रदीप कुमार मोहंती और अभिलाषा क्मारी तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अजय क्मार त्रिपाठी को न्यायिक सदस्य नियुक्त किया गया है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम में केंद्र में एक ॅलोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान है इसे लोकसेवकों की विभिन्न श्रेणियों में भ्रष्टाचार के मामलों की निगरानी का अधिकार दिया गया है

भाजपा उम्मीदवार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में अपने सभी मौजूदा दस सांसदों को बदलने और सभी ग्यारह सीटों पर नये उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है पार्टी महासचिव और राज्य के प्रभारी अनिल जैन ने कल नई दिल्ली में एक समाचार एजेंसी से यह बात कही छत्तीसगढ़ यूनिट ने केन्द्रीय चुनाव समिति से आग्रह किया कि हम सर्वसम्मति से स्वेच्छा से यह चाहते हैं कि सारे कैंडिडेट बदले जाए और नये चेहरे नये उत्साह नये कलेवर के साथ पार्टी चुनाव में जाना चाहती है जिसके अनुमति हमें केन्द्रीय चुनाव समिति ने दे दी है अब हम तैयारी के साथ चुनाव समिति के साथ जाएंगे

ट्रेन रद्द उत्तर मध्य रेलवे में आवश्यक रखरखाव के कारण बिलासपुर से गुजरने वाली उत्कल एक्सप्रेस एक हफ्ते तक रद्द रहेंगी पुरी से चलने वाली पुरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस बाईस से छब्बीस मार्च और हरिद्वार से छूटने वाली हरिद्वार पुरी उत्कल एक्सप्रेस चौबीस से अट्ठाईस मार्च तक नहीं चलेगी

महिला और बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित यह रैली कलेक्टोरेट से शुरू हई और जीईरोड होते हए शहर के अनुपम गार्डन में समाप्त हई इस मौके पर संभाग आयुक्त जीआर चुरेन्द्र ने उपस्थित जनसमुदाय को अपने मताधिकार का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने की शपथ दिलाई श्री चुरेन्द्र ने कहा कि देश के लोकतंत्र की सुद्रढ़ता के लिए सभी को मतदान करना चाहिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और स्वीप के नोडल अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह ने कहा कि महिलाओं ने बाइक रैली के माध्यम से उन लोगों को यह संदेश दिया है जो मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग नही करते बल्कि घर में बैठे रहते है उन्होंने बताया कि जिस उत्साह से महिलाओं ने आज इस बाईक रैली में शामिल हुई है इसे देखते हुए यह रैली अब हर सप्ताह शहर के विभिन्न हिस्सों में आयोजित कर लोगों को मतदान का संदेश देगी कोरियोग्राफी इस्पात नगरी भिलाई के तीन युवाओं का चयन स्पेन में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कोरियोग्राफी प्रतियोगिता के लिए हुआ है रौशन घड़ेकर प्रदीप गुप्ता और पुरेन्द्र मेश्राम ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए अपनी कोरियोग्राफी का वीडियो अपलोड किया था जिसके बाद हजारों प्रतिभागियों के बीच अंतिम दस में इन तीन युवाओं को भाग लेने का अवसर मिला है इन युवाओं ने अपनी कोरियाग्राफी के वीडियो में शारीरिक हाव भाव पैरों की आवाज और सांस लेने तथा छोड़ने की गति के साथ कहानी को एक अनुठे अंदाज में दर्शकों तक पहुंचाने का प्रदर्शन किया है इसी आधार पर इनका चयन किया गया यह प्रतियोगिता आगामी सत्रह और अट्ठारह मई को स्पेन के वलेसिया में होगी आर के विज बैठक विशेष पुलिस महानिदेशक आरके विज ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन सवारों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं आज अटल नगर स्थित पुलिस मुख्यालय में प्रदेश के सभी जिलों से आये यातायात प्रभारियों की दो दिवसीय समीक्षा बैठक में उन्होंने यातायात अधिकारियों को सड़क सुरक्षा के लिए कार्ययोजना बनाने के साथ ही दुर्घटनाजन्य स्थानों को चिन्हाकित करने और असुरक्षित सड़क मार्गो की पहचान करने के निर्देश दिए श्री विज ने बैठक में ट्रैफिक नियमों के संबंध में जनता में जागरूकता लाने और इन नियमों का पालन करने तथा सड़क सुरक्षा के लिये पुलिस को सक्रियता के साथ कार्य करने पर विशेष जोर दिया उन्होंने यातायात के संबंध में प्राप्त अनुभवों को अपने कार्यक्षेत्र में जन सहभागिता की मदद से लागू करने की बात भी कही दुर्घटना बलरामपुर जिले में बीती रात हुए सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई वहीं आठ अन्य लोग घायल हो गए हैं मिली जानकारी के अनुसार अंबिकापुर से रामानुजगंज की ओर आ रही ट्रक तथा धौरपुर जा रही चारपहिया वाहन में भिड़ंत हो गई इस सड़क हादसे में चारपहिया सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि इलाज के दौरान एक महिला ने दम तोड़ दिया

उधर दुर्ग जिले के र्सेलूद धमतरी मार्ग पर बस और मेटाडोर की टक्कर में बस चालक सहित नौ यात्री घायल हो गए हैं गंभीर रूप से घायल दो यात्रियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है मौसम प्रदेश में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है दोपहर तक ध्रप रहने के बाद शाम को अचानक राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई वहीं महासमुंद के सांकरा और राजनांदगांव के चिचोला में ओले गिरने की भी खबर है दर्ग भिलाई में भी तेज हवाओं के साथ बारिश होने का समाचार मिला है मौसम विज्ञानी हरिप्रसाद चंद्रा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि राजस्थान की ऊपरी हवा में सक्रिय चक्रवात के कारण सरगुजा संभाग में बौछारे पड़ सकती हैं वहीं कर्नाटक और मराठवाड़ा के ऊपर बने चक्रवात के कारण बस्तर संभाग में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं वहीं बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण प्रदेश में अगले एक दो दिनों तक बाछल छाए रहेंगे

होलिका दहन प्रेम भाईचारे और रंगों का त्यौहार होली कल मनाया जाएगा इसके पहले आज रात बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होलिका दहन किया जाएगा राजधानी रायपुर के प्रमुख चौराहों और गली मोहल्लों में होलिका दहन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं होलिका दहन करने वाले स्थान के आसपास ढोल और नगाड़ों की थाप लगातार सुनाई दे रही है त्यौहार के कारण पिछले कुछ दिनों से बाजारों में रौनक देखते ही बन रही है जगह जगह रंग गुलाल और पिचकारी की दुकानें सजी हुई हैं होली को लेकर बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है इसके अलावा मिठाई की दुकानों में भी भीड़ देखी जा रही है गांवों में भी इस पर्व को लेकर खासा उत्साह है वहीं इस बार जागरूकता की वजह से कई जगहों पर लकड़ी के स्थान पर कण्डों की होली जलाने की तैयारी की गई है पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने लोगों से हरे भरे वृक्ष नहीं काटने की अपील की है इसके अलावा होली में इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल रंगों और मुखौटों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है होली पर्व और लोकसभा चुनाव आचार संहिता के मद्देजनर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं पुलिस प्रशासन द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत असामाजिक तत्वों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है प्रदेश के माओवाद से प्रभावित जिलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी होली के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं इसके अलावा जिला नियंत्रण कक्ष बनाया गया है जो चौबीस घंटे काम करेगा साथ ही किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए शहर में अतिरिक्त बल तैनात किया जा रहा है पोषण पखवाड़ा गरियाबंद गरियाबंद जिले में इन दिनों पोषण अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है

इस दौरान प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र में पोषण मेले का आयोजन किया गया इस मेले में व्यंजन प्रतियोगिता बालभोज और पोषण दिवस जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए इसके बाद ग्राम सभा सायकल रैली चित्रकला रंगोली और भाषण प्रतियोगिताएं भी हुईं इस अभियान का समापन बाईस मार्च को होगा संक्षिप्त समाचार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित डीएड और डीएलएड पूरक परीक्षा की पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन का परिणाम आज घोषित कर दिया गया है परिणामों को माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है